लॉकडाउन में अनमति केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के मददेनजर नये दिशा निर्देश आज अधिसूचित कर दिए जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अन्मति दी गई है

दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की भी अन्मति होगी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजद्रर उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगरपालिका या नगर निगम के बाहर से मजदर बलाने की आवश्यकता नहीं है वहां कार्य श्रू किया जा सकेगा मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अन्मति दी गई है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे प्रसारण डीडीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है

इसके अलावा केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इनमें विधवा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन किसान पेंशन और दिव्यांग पेंशन है

सेवानिवृत आईएएस इंदु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में गठित यह समिति लॉकडाउन के बाद आर्थिक संसाधनों और आजीविका में सृधार के लिए सुझाव देगी एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई है लॉकडाऊन से हए नुकसान को कम करने और उतराखंड की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया है यह समिति लॉकडाउन से राज्य की अर्थव्यवस्था को हए न्कसान का अध्ययन कर आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए संस्तृतियां देगी इस पर भी विचार किया जाएगा कि लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कृषि और उससे ज्ड़ी अन्य गतिविधियों के संबंध में हई बैठक में यह फैसला किया गया

अपूर्ण बाजार की सम्पूर्ण गतिविधि को क्रियान्वित करने के लिए अपर सचिव कृषि रामविलास यादव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है समिति में ऑर्गेनिक बोर्ड मण्डी समिति कृषि उद्यान से जुड़े अधिकारी भी सदस्य रहेंगे

इससे किसानों को राहत मिली है

जिले के प्रगतिशील किसान आनंद तिवारी और ग्रुदास कालरा ने वर्तमान विषम परिस्थितियों में सरकार दवारा किसानो के हित में उठाये गए कदम का स्वागत किया है

अब दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट की लैब शुरू की जाएगी

देहरादून नैनीताल ऊधमसिंहनगर पौड़ी अल्मोड़ा और हरिद्वार जिलों में कोरोना के मरीज सामने आ च्के हैं अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती और संस्थागत क्वारंटीन किये गए संदिग्ध मरीजों की संख्या भी काफी है अभी सिर्फ हल्दवानी मेडिकल कॉलेज और एम्स ऋषिकेश में कोरोना की जांच की जा रही है इसके अलावा देहराद्रन में एक निजी लैब में भी जांच शुरू ह्ई है अब द्ल मेडिकल कॉलेज में भी लैब के लिए तैयारियां की जा रही है

आज पृलिस बल और आर ए एफ ने मिलकर ज्वालापर में फ्लैग मार्च किया

इलाके की ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके निर्देश दिये हैं नगर निगमनगर पालिकाओं के माध्यम से भी निराश्रित पशुओं को चारा और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा